इस बैठक में राज्यपाल राज्य में कोविड महामारी से उपजे हालातों पर तथा उसके प्रबंधन में राजनीतिक दलों के सहयोग पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं उधर कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज शाम मंत्रिपरिषद की बैठक ब्लाई है इस बैठक में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा मुख्य सचिव निरंजन आर्य वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ चिकित्सक वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिये भाग लेंगे

कोरोना संक्रमण का जल्दी पता लगाने के लिए अब राज्य में रेपिड एन्टीजन टेस्ट भी किये जाएंगे चिकित्सा विमाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोडा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि रेपिड एन्टीजन टेस्ट का उपयोग संदिग्ध मरीजों के लिए किया जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और उससे ऊपर के अस्पतालों में यह टेस्ट करने की अनुमति होगी इस टेस्ट की जांच आधे घंटे में मिल जाएगी जिससे मरीज को त्रंत आइसोलेट किया जा सकेगा आदेश में कहा गया है कि कोरोना जांच के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को ही प्राथमिकता दी जाएगी आज विश्व नर्सिंग दिवस है इस अवसर पर चिकित्सा मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने नर्सेंज रजिस्ट्रेशन और अन्य कार्यो के लिए बनाए गये वेब पोर्टल का श्रभारंभ किया इसके माध्यम से नर्सिंगकर्मी अब ये कार्य ऑनलाइन कर सकेंगे इसके ॅलिए उन्हें राजधानी जयपुर आने की आवश्यकता नहीं पडेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट संदेश के जरिये नर्सिंगकर्मियों के जज्बे और हौसले को सलाम किया है

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किसी भी प्रकार कोई आयोजन नहीं रखा गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक द्वीट के माध्यम से जोधपुरवासियों को बधाई दी है और कोविड महामारी से सुरक्षित रहने की अपील की है

लोग घरों में ही नमाज अदा कर मानवता और खुशहाली की कामना कर रहे हैं हमारे झालावाड संवाददाता ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को ईद की बघाई दे रहे हैं